कोविड महामारी के खिलाफ देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी

हाथ और मूंह साफ रखें

इस महत्वपूर्ण सत्र में राज्य के विकास का भावी रोडमैप तैयार किया जायेगा मुख्यमंत्री ने लोगों से आपका बजट आपके स्झाव के तहत अपना अमूल्य स्झाव देने की अपील की है उन महत्वपूर्ण स्झावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जायेगा इसके लिए जितने महत्वपूर्ण स्झाव आयेंगे उनको ध्यान में रखकर बजट बनाया जायेगा

म्ख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गैरसैंण ग्रीष्माकालीन राजधानी को आकर्षक तरीके से विकसित किया जा रहा है म्ख्यमंत्री ने कहा कि ग्ड गवर्नेंस के तहत अधिकारियों को सुधार का मौका दिया जा रहा है जनहित के कार्यों में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त कारवाई की जायेगी

सभी जिलों में स्वास्थ्य कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को टीके लगाये गए

मदन कौशिक बजट उत्तराखण्ड के बजट सम्बन्धी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय राज्य वित मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बैठक में विभिन्न राज्यों को अपने बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं को सामने लाना था इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विकास के लिए आय्ष ग्रीन बोनस सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शहरी विकास वन एवं पर्यावरण पर्यटन उद्योग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव की जानकारी दी कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वितीय सहायता की मांग भी की टीचरों को सौगात राज्य सरकार गेस्ट टीचरों के साथ ही सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत पीटीए शिक्षकों को मानदेय वृद्धि पर विचार कर रही है

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा शासन स्तर पर लंबित प्रस्ताव पर जल्द निर्णय हो जायेगा

भारतीय वन अनुसंधान दवारा कमाऊं के चार जिलों की च्यूरा उपप्रजाति पर प्रायोगिक पौधशाला का निर्माण कर रिसर्च की जा रही है

इसके तहत च्य्रा की ब्रीड बढ़ाने कम समय मे पेड़ तैयार होकर फल देने योग्य बनाने और अच्छी पैदावार के लिए शोध किया जा रहा है प्रदेश के घाटी वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन कर स्थानीय लोगों को इससे उत्पादित वनस्पति तेल घी धूप शहद अगरबत्ती जैसे लघ् उदयोगों से जोड़कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकेगा काली कुमाऊं वन रेंज के वन क्षेत्राधिकारी हेम गहतोड़ी ने बताया कि जिले के काली कुमाऊं वन रेंज के पश्चिमी वन रेंज के आधे हेक्टेयर क्षेत्रफल में च्यूरा की प्रायोगिक पौधशाला का निर्माण और पौधों का रोपण किया गया है इसका उददेश्य च्यूरा के अच्छी नस्ल को उत्पादित कर लोगों के स्वरोजगार का स्रोत बनाना है उतराखंड का भोजन प्रदेश के सभी जिले इकाई थानाचौंकियों और डिटैचमैन्ट पर चलने वाले भोजनालयों में सप्ताह में एक बार उत्तराखण्डी भोजन परोसा जाएगा प्लिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी जिला प्रभारियों और सेनानायकों को सर्कल्र जारी कर यह निर्देश दिये हैं प्लिस के मेस में मंडवे की रोटी कंडाली का साग फाणू डुबुक गहत की दाल काले भट्ट और झंगोरे की खीर जैसे व्यंजन बनाये जाएंगे प्लिस महानिदेशक ने बताया कि उत्तराखण्ड का पारंपरिक खानपान ग्णवत्ता और स्वास्थ्य की ृष्टि से बेहद लाभकारी माना गया है उन्होंने कहा कि प्लिस मेस में पहाड़ी अनाज से बने पकवान परोसे जाने से जहां एक ओर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा वहीं उत्तराखण्ड प्लिस के जवानों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा बर्ड फ्लू हरिद्वार हरिद्वार में बर्ड फ्लू नियंत्रित करने के लिए पश् चिकित्सा विभाग की ओर से पोल्ट्री उत्पादों की सैंपलिंग श्रू कर दी गयी है